आईआरसीटीसी की वेबसाईट और एप से होगी टिकट बुकिंग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं बैठक के दौरान देश में नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की प्रगति की समीक्षा की जा रही है आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए लॉकडाउन में और छूट देने पर विचार होने की संभावना है मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह पांचवीं वीडियो कॉन्फेंस है यह लॉकडाउन के तीसरे चरण का अंतिम सप्ताह है इसलिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में भविष्य की रूपरेखा तय करने के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जा रहा है श्री मोदी लॉकडाउन के दौरान पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता और इस वैश्विक महामारी के पूरी तरह उन्मूलन होने तक हिम्मत नहीं हारने पर बल देते रहे हैं पिछले महीने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश अभी युद्ध के बीच खड़ा है उन्होंने दोहराया था कि लोगों को सावधान रहना चाहिए और अपने जीवन में साफ सफाई बनाए रखने की आदत अपनानी चाहिए आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों और मजदूरों के मुद्दे से निपटने के तरीकों पर चर्चा भी बैठक के कार्यक्रम में शामिल है रेलवे कल से पटना सहित देश के पन्द्रह शहरों के लिए रेल यात्री सेवाएं शुरु करेगा अप तथा डाउन मिलाकर हर रोज तीस ट्रेन चलेंगी इन ट्रेनों के लिए टिकटों की ऑनलाईन बिक्री आईआरसीटीसी की वेबसाईट और मोबाईल एप पर आज से शुरू हो गयी है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी

आज महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान तमिलनाडु गुजरात हरियाणा तेलंगाना उत्तर प्रदेश कर्नाटक और दिल्ली से राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर अठारह विशेष रेलगाड़ियां पहुंची इन रेलगाड़ियों से चौबीस हजार से अधिक लोग वापस लौटे हैं इधर गृह मंत्रालय के निर्देश पर अब प्रत्येक विशेष श्रमिक रेलगाड़ी में एक हजार दो सौ के बजाय लगभग एक हजार सात सौ यात्री जाएंगे नये आदेश के अनुसार संबंधित राज्य के अनुरोध पर उस राज्य में गंतव्य स्टेशन के अलावा ये रेलगाडियां तीन अन्य स्टेशनों पर भी रूकेंगी इन रेलगाडियों में चौबीस डिब्बे होंगे और प्रत्येक डिब्बे में बहत्तर यात्री सवार हो सकेंगे इससे पहले प्रत्येक डिब्बे में सिर्फ चौवन यात्रियों की अनुमति थी पटना उच्च न्यायालय ने कोटा सहित देश के विभिन्न भागों में फंसे छात्रों की घर वापसी के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा की गयी पहल पर संतोष जताया है न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव और आरके मिश्र की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुये मामले को निष्पादित कर दिया सरकार की ओर से बताया गया है कि अब तक तेरह हजार से अधिक छात्रों को कोटा से वापस लाया गया है साथ ही बाकी बचे छात्रों को लाने का सिलसिला अब भी जारी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड उन्नीस के ठीक हो चुके मरीजों की छुट्टी के संबंध में नये दिशा निर्देश जारी किये हैं इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने जानकारी दी

इनमें सबसे अधिक ग्यारह मामले पटना से आये हैं इनमें से आठ बिहार सैन्य पुलिस बल के जवान बताये जाते हैं वहीं खगड़िया से पांच बेगूसराय में चार दरभंगा से तीन और मध्ुबनी सुपौल बांका भागलपुर नवादा तथा गोपालगंज से दो दो तथा सहरसा और पूर्णिया से एक एक मामले की पुष्टि हुई है इधर प्रदेश में अब तक तीन सौ सतहत्तर लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर लगभग पचास प्रतिशत है वहीं इस महामारी से राज्य में कुल छह लोगों की मौत भी हुई है देशभर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार हजार दो सौ तेरह मामलों की पुष्टि हुई है जिससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर सड़सठ हजार एक सौ बावन हो गयी है इनमें से बीस हजार नौ सौ सत्रह मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि बाईस सौ छह लोगों की मृत्यु हुई है देश के विभिन्न अस्पतालों में चौवालीस हजार उनतीस लोगों का इलाज चल रहा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत साफ सफाई रखने की सलाह दी है

एहतियाती उपाय किये जाने से अच्छे परिणाम आए हैं

फिर भी अभी तक जो नतीजे निकले है उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव रोकने में हमें काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में और अगले दो या चार हफ्तों में हमें परिस्थिति का पूरा विवरण मिलेगा फिर भी आज का हालत जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने घरों में रहें उन्होंने कहा है कि लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए

पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें घर पर रहिए अपना ख्याल रखिए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुए परीक्षा के लिए दिशानिर्देश और शैक्षिक कलेंडर जारी किया है सभी विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को प्रमुखता देते हुये शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाए विश्वविद्यालयों से यह भी कहा गया है कि परीक्षा से संबंधित छात्रों की परेशानियां सुलझाने के लिए वे स्वयं अपने प्रकोष्ठ का भी गठन कर सकते हैं यूजीसी ने पूछताछ के लिए शून्य एक एक दो तीन दो छह तीन सात चार हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है साथ ही छात्र यूजीसी के पोर्टल पर ऑन लाइन भी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम पंचायत के हर परिवार को एक साबुन और चार फेस मारक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने माईकिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में फंसे बिहार आने के इच्छुक लोगों की एक सप्ताह के भीतर वापसी के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है अधिकारियों को रेलवे तथा राज्यों से समन्वय बनाकर आगे की रणनीति तय करने को कहा गया साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जगह बाहर से आये लोगों की अधिक से अधिक जांच होनी चाहिए साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है कोविड उन्नीस महामारी के दौर में समाज का हर तबका असहाय और परेशान लोगों के लिए अपने तरीके से कुछ न कुछ जरुर कर रहा है नवादा जिले के नारदीगंज निवासी एक दंपति ने अपनी पहल से कुछ ऐसा ही संदेश दिया है सुनते है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट डिस्पैच राहुल कुमार और शिखा ने अपने विवाह की पहली सालगिरह की खुशियां लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के साथ मिलकर बांटी शिखा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि उन लोगों ने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण को एक अलग तरीके से यादगार बनाने की कोशिश की उन्होंने बताया कि असहाय तथा दिव्यांगों को खाना खिलाकर तथा लोगों के बीच राहत सामग्री बांटने से संतोष मन में काफी संतोष है

इससे समाज में सकारात्मक संदेश भी गया है आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत प्रदेशभर में काम शुरू हो गया है जिससे लोगों को काफी सहुलियत हुई है नक्सल प्रभावित जमुई जिले के कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि काम के समय साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

एक निजी चैनल पर इस संबंध में खबर प्रसारित होने के बाद यह स्पष्टीकरण आया है एक ट्वीट में मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में इस संबंध में आ रही खबरें पूरी तरह झूठी और निराधार हैं कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इन खबरों को फर्जी बताया है पश्चिम चम्पारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के कोइरगवा चौक के पास से एसएसबी के जवानों ने पांच किलो चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया है बरामद चरस का अंतराष्ट्रीय बाजार में मूल्य डेढ़ करोड़ रुपये बताया जाता है तस्कर से पूछ ताछ की जा रही है

आईआरसीटीसी की वेबसाईट और एप से होगी टिकट बुकिंग